प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पांच वर्ष होने पर प्रधानमंत्री ने लामार्थी किसानों को दी बधाई कहा कि इस योजना से करोडों किसानों को हआ लाभ

प्रदेश में उत्तरी हवाओं के कारण एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी उत्तरी भाग में शीतलहर के आसार

योजना के पांच साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है केन्द्र सरकार ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील भी की है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की इस योजना ने कल ही पांच साल पूरे किए हैं कृषि मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि तेरह जनवरी दो हजार सोलह को योजना की शुरूआत से अब तक नब्बे हजार करोड़ रुपये किसानों में बांटे जा चके हैं

राज्य टीकाकरण अधिकारी अमन सिंह ठाकर ने बताया कि आज प्रदेश को कोविशील्ड वैक्सीन की तीन लाख बाईस हजार खुराक प्राप्त हुई एयरपोर्ट पर ॅमहापौर एजाज ढेबर विधायक कुलदीप जुनेजा जिले की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे एयरपोर्ट से कोरोना वैक्सीन की इस खेप को राज्य टीकाकरण भंडारण केन्द्र लाया गया यहां इसे केन्द्र ं सरकार के निर्देशों के अनुरूप कोल्ड स्टोरेज कक्ष में सुरक्षित रखा गया है

वहीं कल सरगुजा और बस्तर संभाग को इसका वितरण किया जाएगा गौरतलब है कि राज्य में सोलह जनवरी से शुरू हो रहे टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है श्री सिंहदेव ने कहा कि कोरोना का टीका लगने के बाद भी लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए पहले की तरह मास्क पहनने और दो गज की दूरी बनाए रखने जैसी सावधानियों का पालन करना आवश्यक होगा श्री सिंहदेव ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए जिन लोगों को चुना गया है उन्हें को विन मोबाइल ऐप पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा उधर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी कोरोना टीकाकरण की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है सरगुजा जिले में टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीएस सिसोदिया ने बताया कि जिले में ग्यारह हजार लोगों को टीका लगाया जाएगा

उधर बस्तर जिले के संतावन केन्द्रों में आज कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर मॉकड्रिल किया गया इस दौरान लाभार्थियों को डमी टीका लगाया गया टीकाकरण के मॉकड्रिल के लिए प्रत्येक केन्द्र में पंजीकृत स्वास्थ्यकर्भियों को चुना गया था टीकाकरण अभ्यास के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी समी दिशा निर्देशों का पालन किया गया इधर राजनांदगांव में टीकाकरण को लेकर लोगों द्वारा बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही है शहर को वरिष्ठ डॉक्टरों ने कहा है कि यह टीकाकरण प्राणदायक है और लोगों को इस प्रकार के अफवाहों को नजरअंदाज करना चाहिए कोरोना टीकाकरण कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आगामी सोलह जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस अभियान के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क में है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वैक्सीन के परिवहन के लिए तैयार रहें और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी का अभ्यास करें उन्होंने कहा कि कोरोना के दो टीकों को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है दो वैक्सीन है एक कोविशील्ड और एक को वैक्सीन जिनको की इमरजेंसी यूज ऑथिराइजेशन जिसे पॉप्रलर लैंग्वेज में कहा जाता है ईयूए दिया गया है

ये दोनो वैक्सीन अपनी सेफ्टी और इम्यूनोजेनेसिटी को एस्टैबलिश कर चुके हैं थ्र ए वैल प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी प्रोसेस

भाजपा प्रदर्शन प्रदेश में धान खरीदी सहित किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज राजधानी रायपुर सहित राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार को किसान विरोधी बताते हए कहा कि प्रदेश में अन्नदाताओं के साथ अन्याय हो रहा है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जशपुर के धरना प्रदर्शन में कहा कि राज्य सरकार का किसान विरोधी चेहरा लगातार उजागर होता जा रहा है इसे प्रदेश की जनता भलीमांति समझ रही है वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के प्रदर्शन में शामिल हुए

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की हठघर्मिता से किसानों सहित छत्तीसगढ़वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक शामिल हए उन्होंने कहा कि मदद के नाम पर किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है गिरदावरी के नाम पर रकबा काटा जा रहा है वहीं प्रदेश में नकली खाद बीज बेचने वाला गिरोह भी सक्रिय है इस वजह से किसान आत्महत्या करने को विवश हैं राजधानी रायपुर में हुए प्रदर्शन में सांसद सुनील सोनी पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री राजेश मृणत तथा भाजपा के जिला है अध्यक्ष श्रीचंद संदरानी शामिल हुए इन सभी ने कहा कि राज्य सरकार के रवैये से प्रदेश के किसानों में आक्रोश है भाजपा प्रदर्शन दुर्ग के प्रदर्शन में शामिल हुई राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार के दोहरे चरित्र से किसानों में भारी आक्रोश है और वे इसका जवाब आने वाले वक्त में जरूर देंगे

इन समी ने राज्य में घान खरीदी में हुई देरी और किसानों के बोनस के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की द्सरी ओर प्रदेश कांग्रेस ने आज भाजपा द्वारा किए गए राज्यव्यापी प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुशील आनंद शक्ला ने कहा कि राज्य में अब तक करीब सत्तर लाख मीटरिक टन धान की खरीदी हो चुकी है

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत गरीब भूमिहीन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है मुख्यमंत्री कल भिलाई के महात्मा गांधी कला मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए इस दौरान उन्होंने करीब साढ़े बारह करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया वहीं मुख्यमंत्री ने भिलाई स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में पच्चीस फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति के कार्यो की समीक्षा की

माओवादी मुठभेड गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में पांच लाख रूपये का एक इनामी माओवादी मारा गया पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र से आज सुबह डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला हुआ था इसी दौरान चिकपाल और मारजूम के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक इनामी माओवादी मारा गया

घटनास्थल की तलाशी के दौरान जवानों ने मारे गए माओवादी के शव के साथ ही नौ एमएम की एक पिस्टल भी बरामद की है इधर सुकमा जिले के मरईगडा इलाके से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इस पर प्रलिस दल पर हमला करने और बारूदी विस्फोट करने सहित अन्य माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है प्रसार भारती स्पष्टीकरण प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि देश में आकाशवाणी का कोई भी केन्द्र बंद नहीं किया जा रहा है इस संबंध में भ्रामक खबरों को गंभीरता से लेते हुए प्रसार भारती ने कहा है कि ये खबरें आधारहीन और गलत हैं प्रसार भारती ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आकाशवाणी केन्द्र का स्तर कम नहीं किया जा रहा है और न ही उसे परिवर्तित किया जा रहा है आकाशवाणी के सभी केन्द्र स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भाषायी सामाजिक सांस्कृतिक और आबादी की विविधता के अनुसार स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रखेंगे प्रसार भारती ने यह भी कहा है कि वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के दौरान आकाशवाणी नेटवर्क को मजबूत करने की योजना के तहत देशभर में सौ से अधिक नये एफएम रेडियो ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे

यह पूरस्कार अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और संक्रमण रोकने की श्रेष्ठ व्यवस्था के लिए दिया जाता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये यह पुरस्कार प्रदान किया

मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के कारण बस्तर को छोड़कर बाकी संभागों के न्यूतनम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है अगले चौबीस घंटों में प्रदेश का न्यूनतम तापमान एक से दो डिग्री और कम होने की संभावना है वहीं बलरामपुर और पड़ोसी जिलों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है संक्षिप्त समाचार केन्द्र सरकार ने इस मीडिया रिपोर्ट को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष बीस दिन अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य होगा मुख्यमंत्री भूपेश बधेल और विघानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति लोहड़ी और पोंगल पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर भानुप्रताप ग्रप्ता के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने गहरा दुख प्रकट किया है कोंडागांव जिले में बनिया गांव के पास दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई आपसी भिडंत में दो व्यक्तियों की मौत हो गई वहीं एक बालक घायल हो गया है जिसे जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है जांजगीर चांपा जिले के नैला उपथाना इलाके में मां बेटी की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है बालोद जिले के कसहीकला गांव में खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर के पलट जाने से उसमें दबकर चालक की मौत हो गई महासमुद जिले में राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने तीन जगहों से एक सौ चालीस बोरा धान जब्त किया है जिले में अब तक धान के अवैध परिवहन और भंडारण के दो सौ सात प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं राज्य शासन ने पुलिस विभाग में पांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित सात पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए तीस जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं देश के अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए महासमुंद कलेक्टर ने जिले में ऐहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज महासमूंद में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जनसुनवाई की साइबर अपराधों की रोकथाम और बचाव के मद्देनजर रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव और एक निजी बैंक के अधिकारियों द्वारा आज कार्यशाला का आयोजन किया गया महासमुंद जिले के सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सौ किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है जब्त गांजा की अनुमानित कीमत लगभग दस लाख रूपये बताई जाती है